प्रधानमंत्री आज पहले खिलौना मेले का करेंगे उद्घाटन

प्रयागराज माघ मेले में माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान आज आज ही मनाई जा रही है संत रविदास जयंती

सेवा क्षेत्र में बजट के कार्यान्वयन पर एक वेबीनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वास पारदर्शिता और भरोसा वित्तीय क्षेत्र के आधार हैं देश के फाइनशियल सैक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है कोई इफस एण्ड बट्स की जगह नहीं है देश में कोई भी डिपाजिटर हो या कोई भी इन्वेजटर्स दोनों ही ट्रस्ट और ट्रांसपेर्सी अनुमव करे यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है देश की वित्तीय व्यवस्था अगर किसी एक बात पर वो टिकी हुई है तो वो है विश्वास विश्वास अपनी कमाई की सुरक्षा का विश्वास निवेश के फलने छूलने का और विश्वास देश के विकास का श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के शासन में बैकिंग और गैर बैकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने फंसे कर्जो की स्थिति को दबाये रखने के बजाय उनके बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय बजट के प्रमुख प्रावधानों का जिक्र करते हुए उन्होंने वित्त से सम्बद्व निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि वृद्दि की मौजूदा रफ्तार से देश के वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अगले पांच वर्षो में साठ खरब डॉलर के आंकडे को छूने की संमावना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खिलौना मेले का उद्घाटन वर्च्अल माध्यम से करेंगे इस मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना है मेले का उद्देश्य सभी उम्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को मनोरंजक और आनन्ददायक बनाने में खिलौनों की भूमिका का उपयोग करना है पिछले वर्ष अगस्त में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि खिलौने न केवल गतिविधियों को प्रोत्साहन देते हैं बल्कि आकांक्षाओं को उडान भी प्रदान करते हैं बच्चों के समग्र विकास में खिलौनों की भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में खिलौना निर्माण को प्रोत्साहन देने पर बल दिया था भारतीय खिलौना मेले का आयोजन कर्चुअल प्लेटफार्म पर आज से दो मार्च तक किया जा रहा है मेरठ से अनेक खिलौना विनिर्माता इस मेले में अपने सुन्दर और स्मार्ट तथा बच्चों के लिए सुरक्षित खिलौनों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की फोकस टेस्टिंग करने पर बल दिया है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में टेस्टिंग कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है इसे ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किये जाये उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में प्रतिदिन सवा लाख से कम टेस्ट न हो उन्होंने कहा कि क्छ राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए प्रदेश में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और आवश्यकतानुसार क्वारेंटीन करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये उन्हॉने कहा कि कोरोना से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाये रखा जाये एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता कीः राज्य सरकार ने करत और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए सर्विलांस क्वॉर्टाइन कोवेट जांच और पृथक वास को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी किए गए इन दिशानिर्देशों के मुताबिक दोनों राज्यों से आने वाले समी यात्रियों की हवाई अड्डों पर कोबिट जांच जरूरी होही

रेल और बस के जरिए इन राज्यों से आने वाले यात्रियों की सुची तेकर उनकी स्क्रीनिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं सभी जिलों के मुख्य विकित्सा अविकारियों को ऐसे लोगों के स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए जरुरी इंतजाम करने के लिए कहा गया है प्रोमो मोहल्ला कर्मेटियों और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समितियों को इन दोनों राज्यों से लौटे लोगों के प्रथक वास और उनके स्वास्थ्य के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया उन्होंने जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नुपेन्द्र मिश्र की अध्यक्षता में हई बैठक में कई महत्वपूर्ण बिन्दओं पर चर्चा की गई उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हवाई अड़डे के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई ढाई सौ करोड़ रूपये की धनराशि के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय उड़डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी का धन्यवाद ज्ञापित किया

एयरपोर्ट के निर्माण के लिये तगमग एक हजार करोड़ रूपये की राशि प्रदेश सरकार ने भूमि क्रय करने के लिये जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया है

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को अपना अनुमोदन दिया है

प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम तट पर प्रमुख स्नान पर्वो में से एक माघी पूर्णिमा पर आज वहां भारी संख्या में श्रद्वालु संगम तथा गंगा नदी के विमिन्न घाटो पर स्नान कर रहे हैं पोष पूर्णिमा के दिन शुरू हुए पहर्ते स्नान पर्व से एक महीने का कल्पवास कर रहे श्रद्वाल्ओं का कल्पवास आज समाप्त हो रहा है माधी पूर्णिमा के स्नान के बाद श्रद्वाल् आज ही से अपने अपने घरो को रवाना होंगे आज ही संत रविदास की जयती भी मनायी जा रही है उनकी जन्म स्थली वाराणसी के सीर गोवर्धन में भक्तों की भीड उमड़ पड़ी है आज वहां जयंती कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा अमृतवाणी पाठ प्रवचन तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे

इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं की तादाद पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है फिर भी अनुयायियों में लाल नीली पीली पगड़ी में पंजाबी तो अपनी पारंपरिक वेशब्रवा में आये राजस्थानी देश की विक्षिता को एक सूत्र में पिरो रहे हैं कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मनोज त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार वाराणसी प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी संत रविदास की जयंती पर शोभायात्रा निकाली जा रही है गोरखपुर जिले के अलवापुर स्थित संत रविदास मंदिर में भी जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेह में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए मऊ जिले के निवासी सेना के जवान श्री गणेश यादव के शौर्य और वीरता को नमन करते हुये उन्हें भावमीनी श्रद्वांजलि दी है मुख्यमंत्री ने शहीद श्री गणेश यादव के परिजनों को पचास लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है